परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री ने कहा है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षा को जीवन का अंत नहीं समझना चाहिए बल्कि हमेश अगले प्रयास में बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए उन्होंने आज परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चुअल संस्करण में विद्यार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की श्री मोदी ने उनके साथ तनाव और चिंता से मुक्ति के मंत्र साझा किये श्री मोदी ने अभिभावकों से कहा कि वे बच्चों पर दबाव न बनाएं और उन्हें परीक्षा का आनन्द लेने दें प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा है कि उन्हें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए बल्कि इसे उत्सव की तरह लेना चाहिए

उन्होंने कहा कि दिन में कुछ समय ऐसा करना आवश्यक है ताकि रोबोट और नीरस बन कर न रह जाएं प्रदेश प्रतिबंध प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय अगले तीन महीने तक पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक काम करेंगे यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बढते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया इसके अलावा राज्य सरकार ने कई प्रतिबंधों की भी घोषणा की है

वहीँ राज्य सरकार ने विभिन्न निजी अस्पतालों नर्सिंग होम्स डायग्नोस्टिक सेंटर आदि में कोरोना संबंधी जॉचों की दरें निर्धारित कर दी हैं निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इसी तरह कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में काम आने वाले रेमडीसिविर इंजेक्शन के उपयोग को लेकर भी नियम बनाये गए हैं

उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन ने कहा कि कुछ राज्य सरकारें अपनी नाकामी से ध्यान हटाने और लोगों में कोविड महामारी के बारे में डर फैलाने का प्रयास कर रही हैं जो निंदनीय है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य अत्यधिक संवेदनशील लोगों में मृत्यु दर कम करना है उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन की आपूर्ति सीमित है तब तक प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है

इस पोर्टल को शहद और अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है यह शहद की गुणवत्ता और मिलावट के स्रोत की जांच करने में भी मदद करेगा श्री तोमर ने कहा कि हनी मिशन से किसानों की आय रोजगार सूजन और निर्यात में वृद्धि होगी

दोनों ही पार्टियां अपनी ओर से प्रचार में तेजी लाने का प्रयास कर रही हैं इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान समेत वरिष्ठ नेता यहाँ प्रचार करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री उमाश्री भारती भी आज आमसभा को संबोधित करेंगी कांग्रेस की और से भी प्रचार का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कर रहे हैं पार्टी के ने नेता भी गाँव गाँव जाकर प्रचार में जुटे हैं इदौर टीका इंदौर के परदेशीपुरा थाने में पदस्थ आरक्षक गोपाल जाट एवं महेश प्रजापति को कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के दौरान एक आटो रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है वहीं कोविड मरीजों की बढ़ती हुई संख्या गंभीर रोगियों के उपचार और हर एक तक उपचार सुविधा पहुंचाने के लिए इंदौर के षासकीय महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में आज वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है

समाचार संक्षेप में जबलपुर से भोपाल के लिए हबीबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस आज से फिर शुरू हो गयी है यह ट्रेन अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही जबलपुर से रवाना होगी मन्दसौर जिले का चयन एक जिला एक उत्पाद में लहसुन के लिए किया गया है इसे प्रोत्साहित करने के लिए फार्मर प्रोड्सर ऑर्गेनाइजेशन मंदसौर गार्लिक फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी का शुभारंभ सांसद सुधीर गुप्ता ने किया बैतूल सांसद दुर्गादास उईके की अध्यक्षता में कल जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक सम्पन्न हुई स्मार्ट सिटी ग्वालियर परिसर में बनने वाले तारामंडल का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और जल्द ही इसे आम लोगो के लिये खोल दिया जायेगा

नमस्कार